प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अफवाहों को रोकने में लोक प्रसारक आकाशवाणी की विशेष भूमिका है कल नई दिल्ली में रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रेडियो जॉकीज के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने उनसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कार्य करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों द्वारा महसुस की जाने वाली परेशानियों और चनौतियों के बारे में लोगों के फीडबैक से सरकार को अवगत कराना चाहिए ताकि इनके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाये जा सकें

प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घडी में सरकार ने गरीबों और उपेक्षित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में सूचना आम लोगों तक सही तरीके से और समय पर पहंचनी चाहिए

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना एवं प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने भी विचार विमर्श में हिस्सा लिया कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन को देखते हए मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सप्लाई चेन बनाने के निर्देष दिए हैं मुख्य सचिव ने कल राज्यस्तरीय समितियों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सप्लाई चेन के माध्यम से मुहल्लों और सुद्र गांवों तक लोगों के बीच आवष्यक सामग्रियों को पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए उन्होंने कहा कि इसके लिए हर जिले के उपायक्त सिविल सोसाइटी एनसीसी और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से कम से कम एक हजार लोगों का फूड सप्लाई चेन बनाएं उन्होंने इस सप्लाई चेन का नाम आपदा मित्र रखने का भी निर्देष दिया मुख्य संचिव ने कहा कि राज्य के बाहर फंसे झारखंडवासियों को वापस लाने के लिए विकल्प तलाषे जा रहे हैं लेकिन केंद्र के गाइडलाइन को देखते हुए झारखंड के जो लोग अन्य प्रदेषों में जहां हैं वहीं बने रहेंगे इन लोगों के लिए राज्य सरकार उन राज्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि उन्हें मूलभूत जरूरतें और आवष्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके उन्होंने यह भी कहा कि बाहर में फसे झारखंड के लोगों की संख्या पता आदि की जानकारी लेकर उनतक स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है

इसके तहत खुद को सुरक्षित रखने के लिये लोगों को सामाजिक दूरी से सम्बन्धित नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिये और इकट्ठा होने से बचना चाहिये इस दोरान सभी अपने घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबन और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस को लेकर आम लोगों से स्वेच्छा से दान करने की अपील भी की है इसके तहत लोग दान की राषि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक एक सौ तिरपन लोगों के सैंपल लिये गए जिनमें एक सौ सैतीस की नेगेटिव रिपोर्ट आई है इसके अलावा बीस सैंपलों के रिपोर्ट आने का इंतजार है गौरतलब है कि इन सैंपलों की जांच राजधानी रांची के रिम्स और जमषेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में की जा रही है झारखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद की खातिर राज्य के लोग लगातार आगे आ रहे हैं मदद करने वालों में जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामाजिक और अन्य संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी विधायक निधि से पच्चीस लाख रुपए विमुख करने की अनुषंसा साहेबगंज के उपायुक्त से की है वहीं मंत्री जोबा मांझी ने पंद्रह लाख पलामू के सांसद बीडी राम ने साठ लाख पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह ने पच्चीस लाख और सांसद संजय सेठ सुनील सिंह निषिकांत दुबे विद्युत वरण महतो ने एक एक करोड़ दिए हैं इसके अलावा जयंत सिन्हा ने पचपन लाख पीएन सिंह ने पचहतर लाख पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पच्चीस लाख पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा रामचंद्र चंद्रवंषी और अमर बाउरी ने दस दस लाख रुपए दिये हैं वहीं कई विधायकों ने भी अपने निधि से मदद के लिए राषि आवंटित की है झारखंड क्रिकेट एसोसिएषन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इक्यावन लाख रुपए दिए हैं वहीं झारखंड राज्य विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय षिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने एक एक दिन का वेतन देने और पारा षिक्षकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ देने की घोषणा की है राज्य सरकार झारखंड में आए दुसरे प्रदेष के लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराएगी पुलिस महानिदेषक एमवी राव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपमहानिरीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देष दिए पुलिस महानिदेषक ने कहा कि सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन वितरण हेतु थाना और पुलिस पिकेट परिसर में खाद्य आपूर्ति विभाग और उपायुक्तों के सहयोग से सामुदायिक रसोई की व्यवस्था तत्काल बहाल की जाए उन्होंने कहा कि भोजन वितरण के दौरान सोषल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए पुलिस महानिदेषक ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान विदेष और दूसरे प्रदेषों से आए लोगों का पूरा व्यौरा प्राप्त करने के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच भी कराई जाए पुलिस महानिदेषक ने पुलिस पदाधिकारियों को यह भी निर्देष दिया कि आम जनता को सोषल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से कोरोना वायरस से निपटने को लिए किए जा रहे कार्यों को साझा करें उन्होंने यह भी कहा कि कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य की स्रक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए गढ़वा जिला प्रषासन ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवष्यक सामानों की आपूर्ति के लिए होम डिलीवरी की सेवा शुरू की है ताकि लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में पचहतर नये रोगियों और चार लोगों की मौत की जानकारी मिली है

श्री अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने दस हजार वेंटिलेटर की खरीद के आदेश दिए हैं उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने टेली मेडिसन सुविधाओं के विकास के दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं और रोगियों को इनका फायदा उठाना चाहिए

संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने आपदा की इस घड़ी में व्यापारियों से कालाबाजारी को रोकने की अपील की है लोगों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध हो इसका व्यापारी ख्याल रखें

यहां अन्य प्रदेषों में फंसे झारखंड के लोगों के आ रहे कॉल के ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करने की कोषिष की जा रही है

जहां आवश्यक दूरी बनाकर लोग सब्जी खरीद सकते हैं